ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया

मंत्रिमंडल ने राज्य में प्रशिक्षण कक्षाओं को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया अलग से जारी कीँ जाएगी

राज्यपाल राज्यपाल बंड़ारू दत्तात्रेय ने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए सतलुत जल विद्युत निगम के प्रयासों की सराहना की है राज्यपाल आज राजभवन शिमला में एसजेबीएन के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा की ओर से राज्य रेड़क्रॉस सोसाईटी को एम्बूलेंस भेंट करने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और वे समाज के गरीब व वंचित वर्गो के लोगों की निस्वार्थभाव से सेवा के लिए कार्यरत राज्य रेडक्रॉस को उदारतापूर्वक अंशदान के लिए प्रेरित होगें

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने देश में बनाई गई कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाने को द्भाग्यपूर्ण करार दिया है रामस्वरूप शर्मा ने आज मंडी में एक बयान में कहा कि स्वदेशी वैक्सीन जल्द ही लोगो के पास पहुंचने जा रही है और विपक्षी दलों को ये बात रास नहीं आ रही है

उन्होंने जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित भूमि हस्तांतरण मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए

मौसम प्रदेश के जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज चौथे दिन भी बर्फवारी का सिलसिला जारी रहा जब कि राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज सुबह से ही रूक रूक कर वर्षा का दौर जारी है मौसम में आए इस ताजा बदलाव से पूरा प्रदेश कड़ाके की शीतलहर की चपेट में है

बर्फवारी के चलते घाटी की अधिकांश सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है और जनजीवन ब्रुरी तरह प्रभावित हुआ है हालांकि जिले के किसान बागवान ताजा बर्फवारी से खुश हैं किन्नौर जिला में भी ऊपरी क्षेत्रों में बीती रात से भारी हिमपात हो रहा है

भारी बर्फवारी और वर्षा के कारण जिले में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है राजधानी शिमला सहित राज्य के निवले जिलों में सुबह से ही वर्षा का क्रम जारी है मौसम विभाग ने आज राज्य के माध्यम व अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी बर्फवारी व वर्षा तथा मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर ऑलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी जारी की है कल भी प्रदेश में वर्षा और बर्फवारी की संभावना है